हिन्दू मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता श्री गणेश की आराधना के लिए इस अवसर पर प्रदेश भर में जगह जगह आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं जिनमें भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना की जा रही है घरों में भी भगवान गणेश की मुर्तियों की स्थापना की गई है श्रद्वाभक्ति और उल्लास के साथ मनाये जाने वाले गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और सामाजिक सद्भाव पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे शहरों के साथ साथ गांवों में भी गणपति उत्सव की धूम रहा करती है झांकीस्थलों पर बच्चों में सुजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की सांस्कृतिक और खेलकृद की प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती है उत्सव के आखरी दिन गणेश प्रतिमाओं का चल समारोह निकालकर धूम धाम के साथ विसर्जन किया जाता है भोपाल इंदौर उज्जैन होशंगाबाद नरसिंहपुर रायसेन शिवपुरी गुनाख आगरमालवा और खंडवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि वहां गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही हैं

वहीं इन्दौर के खजराना गणेश मंदिर में विशेष आयोजन किये जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाइयां दी है कई वर्षों बाद ऐसा संयोग भी बना है जब हरितालिका तीज का पर्व गणेश उत्सव के साथ मनाया जा रहा है आम तौर पर हरितालिका तीज के दूसरे दिन गणेश चतुर्थी होती है

अब से कुछ देर पहले लैंडर विक्रम को अलग करने की प्रक्रिया पूरी हो गई

वित्त मंत्री केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से न तो कोई बैंक बन्द होगा और न ही नौकरियां जाएंगी वे चैन्नई में एक कार्यक्रम में बोल रही थी उन्होंने इस तरह की आशंकाओं को निराधार बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का प्रयास है कि बैंक और बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जाए यातायात देशभर में कल से लागू हुए नये मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने से जुड़े प्रावधान फिलहाल प्रदेश में लागू नहीं होंगे विधि मंत्री पीसी शर्मा ने स्पष्ट किया है कि नये प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद केन्द्र सरकार से जुर्माने की राशि कम करने के लिये कहा जाएगा उधर राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपुत ने कहा कि एक्ट का अध्ययन करने के बाद ही प्रदेश में जुर्माने की नई दरें लागू होंगी तबतक वर्तमान दरें ही प्रभावी रहेंगी

मौसम मानसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है हालांकि वर्षा का जोर पिछले दो दिनों से हल्का हुआ है

उधर मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों में नया मॉनसून सिस्टम बनने के बाद वर्षा में तेजी आने की संभावना भी व्यक्त की है